कहा एक करोड़ बीस लाख वार्षिक रोजगार हुए हैं सृजित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में रोजगार नहीं होने के विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया है उन्होंने कहा कि पर्यटन उड्डयन और बुनियादी ढांचा विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग एक करोड़ बीस लाख वार्षिक रोजगार सूजित हुए हैं नई दिल्ली में राईजिंग इंडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि रोजगार सृजित नहीं हुए तो विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत में गरीबी में तेजी से कमी आने की खबर कैसे दी श्री मोदी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे में जब देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अब तक के सबसे उंचे स्तर पर है यह कैसे कहा जा सकता है कि रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो रहे हैं हालांकि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वे देश में रोजगार के मौजूदा परिदृश्य से संतृष्ट नहीं हैं और इस दिशा में बहुत कुछ किये जाने की जरूरत है उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ आज राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई करेगी संविधान पीठ में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायमूर्ति एसए बोबडे डीवाई चन्द्रचूड़ अशोक भूषण और एसए नजीर हैं उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री से जारी नोटिस के अनुसार आज इस मामले में दाखिल सभी याचिकाओं की सुनवाई होगी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो हजार दस के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में चौदह याचिकाएं दायर की गयी हैं राज्य सरकार ने मदरसा और संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों और कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने का फैसला किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय का फैसला किया गया इस फैसले से लगभग ग्यारह सौ अठाईस मदरसा और पांच सौ इकतीस संस्कृत स्कूल के शिक्षकों और कर्मियों को लाभ होगा फैसले के अनुसार पन्द्रह फरवरी दो हजार ग्यारह से इन सभी के वेतन का पुनरीक्षण होगा साथ ही इन विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों को अन्य नियोजित शिक्षकों के समान ही वेतन देने का फैसला किया गया इसके अलावा कैबिनेट ने सचिवालय सेवा ग्रामीण विकास सेवा और राजस्व सेवा के पुनर्गठन का भी फैसला किया सचिवालय सेवा के पूनर्गठन के बाद एक हजार पदों में बढ़ोतरी हुई है इसके साथ ही स्कूलविहीन पांच सौ तेरह पंचायतों के लिए बारह अरब सत्रह करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की गयी है कैबिनेट ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए नौ सौ बाईस करोड़ रूपये मंजूर किये हैं वहीं वैशाली बक्सर और सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेजों के लिए पन्द्रह सौ पैंतालीस करोड़ रूपये स्वीकृत किये हैं एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने पटना में एक सात सितारा और चार पांच सितारा होटल खोलने को भी मंजूरी दी मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड में दिल्ली के साकेत स्थित विशेष पॉक्सो अदालत ने मामले में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति नहीं होने पर सीबीआई को कड़ी फटकार लगायी है कोर्ट ने जांच एजेंसी को लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए दो दिनों का समय दिया है और कहा है कि यदि तय समय सीमा के भीतर आदेश का पालन नहीं होता है तो इसे अदालत के आदेश की अवमानना माना जायेगा साथ ही सीबीआई को इसकी जानकारी सीधे सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी लोकसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने जिलों की सीमा से लेकर हर नाकेबंदी पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश दिया है राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच आर श्रीनिवास की पुलिस के वरीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक में चुनाव प्रबंधन कानून व्यवस्था सीपीएफ की तैनाती वारंटियों की गिरफ्तारी और तबादलों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान अर्द्वसैनिक बलों की दो सौ कंपनियों की तैनाती होगी उन्होंने कहा कि चुनाव में एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी पटना हाईकोर्ट ने राज्य के कॉलेजों में दी गयी राशि खर्च करने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिये जाने के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इकतीस मार्च तक रिपोर्ट तलब की है न्यायमूर्ति ज्योति शरण और अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यूजीसी से पूछा है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र देने में अनियमितता बरतने वाले कॉलेजों के खिलाफ वह क्या कार्रवाई करने जा रहा है साथ ही खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार और संबंधित विश्वविद्यालय प्रशासन से अपने स्तर से भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया पटना नालंदा बक्सर और किशनगंज से गाजियाबाद के लिए सात अत्याधुनिक बसों का परिचालन होगा परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बसों को परमिट मिल चुका है और इसी सप्ताह से परिचालन शुरू हो जायेगा उद्योग मंत्री जयकुमार सिंह ने कहा है कि सरकार उद्यमियों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करायेगी पटना में उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित पोर्टल के लोकार्पण समारोह में श्री सिंह ने कहा कि इस सेवा के शुरू हो जाने से अब उद्यमियों को कर्ज लेने के लिए बैंकों का चक्कर नहीं लगाना होगा मौके पर तीन बंद हो चुके राइस मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए विभाग द्वारा ऋण उपलब्ध कराया गया राज्य सरकार ने प्रदेश की चौदह सड़क योजनाओं के लिए तीन सौ करोड़ रूपये मंजूर किये हैं पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि इस राशि से समस्तीपुर सारण भागलपुर बांका जमुई गया और भोजपुर जिले में सड़कों का निर्माण करवाया जायेगा बक्सर में मैट्रिक परीक्षा के गणित विषय का प्रश्न पत्र कथित तौर पर आउट होने के मामले में पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया है पुलिस ने बताया कि इनसे पूछताछ में प्राप्त जानकारियों के आधार पर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है इधर बिहार बोर्ड ने कहा है कि मामले की जांच जारी है डिप्लोमा इन इलेमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की परीक्षा पांच मार्च से शुरू होगी परीक्षा नौ मार्च तक चलेगी मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश और ओला गिरने की चेतावनी जारी की है विभाग ने कहा है कि एक ट्रफ लाईन पूर्वी बिहार से गुजर रही है जिस कारण बारिश की संभावना बनी हुई है यह ट्रफ लाईन सुपौल अररिया किशनगंज सहरसा पूर्णिया खगड़िया मुंगेर भागलपुर लखीसराय जमुई और बांका से होते हुए झारखंड और ओडिशा की ओर बनी है इसके प्रभाव से इन इलाकों में कई स्थानों पर तेज हवा और गरज के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है सीवान जिले के जीवी नगर थाना क्षेत्र के रोजागौर गांव में अमानवीय तरीके से इलाज करने के आरोपी एक व्यक्ति के घर पूलिस ने छापामारी कर पचास लाख रूपये एक पिस्टल एयरगन और चालीस तलवारें बरामद की है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन के बयान को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है दुनिया भर में पाक की पोल खुलेगी दैनिक जागरण ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन को पहले पन्ने पर जगह दी है अखबार लिखता है देश की सुरक्षा कांग्रेस की कमाई का साधन दैनिक भास्कर की सुर्खी है प्रदेश में बिजली महंगी नहीं होगी क्योंकि बिजली कंपनी के पास पन्द्रह सौ करोड़ का सरप्लस राजस्व प्रभात खबर ने लिखा है यात्रियों को तोहफा रेल दृष्टि डैशबोर्ड हुआ लांच लाइव ट्रैक कर सकेंगे ट्रेन की लोकेशन व खाने की क्वलिटी राष्ट्रीय सहारा लिखता है राष्ट्रीय जल योजना का तृतीय पुरस्कार बिहार को मिला आज की सुर्खी है छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर बढ़ेगा

कहा एक करोड़ बीस लाख वार्षिक रोजगार हुए हैं सृजित